सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है

यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो इसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है

कोविड महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा कल खत्म हो रही थी जिसे आगे बढ़ा दिया गया है

बाद में उन्होंने वीर स्मृति पर माल्यार्पण किया और पश्चिमी कमान के शहीदों को श्रद्वांजलि दी